दिल्ली हिंसा पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के कई इलाकों में जारी स्थिति की आज समीक्षा की कई ट्वीट के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि पुलिस तथा अन्य एजेंसियां शांति स्थापित करने और स्थिति को सामान्य बनाने में जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं वहीं दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति बहाली का जिम्मा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सौंपा गया है उन्होंने आज हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया तथा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन कर रहे दो गुटो में पथराव के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा फैली थी

सीएम लोकार्पण मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल के गोविन्दपुरा थाना परिसर में बने पुलिस आवास गृह का लोकार्पण किया यहां करीब एक हजार आठ सौ आवास बनाये गये हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश की पहचान गरीबी और माफिया से नहीं बल्कि योग्यता से होनी चाहिये इसके बाद मुख्यमंत्री धार जिले के डही पहंचे और वहां ग्यारह सौ करोड़ रूपये की लघू सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया

एक भारत श्रेष्ठ भारत संस्कृति एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश और उसके जोड़ीदार राज्य मणिपुर में परस्पर भाषा और संस्कृति का ज्ञान देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है

पिछले वर्ष आज ही को दिन वायुसेना ने पांकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किये थे इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षक वरिष्ठ कमांडो और प्रशिक्षण ले रहे जेहादी समूह मारे गये थे खंडवा अशोकनगर और जबलपुर सहित कई जिलों के पूर्व सैनिकों ने इस मौके पर आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है इस मौके पर आज कई कार्यक्रम भी आयोजित किये गये

इस दौरान बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है इसी तारतम्य में होशंगाबाद जिले में पुलिस और महिला बाल विकास ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर पिपरिया के हथवास क्षेत्र में दो जगहों पर बाल विवाहों को रुकवाया यहां दो नाबालिक लड़कियों की शादी के लिए बारात भी पहुंच गई थी तभी प्रशासन की टीम ने उन्हें रोक दिया

इस दौरान पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कहा कि अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक का उद्देश्य भोपाल स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच एक बेहतर समन्वय बनाना है कार्यक्रम में भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्रदर्शन भोपाल पीआईबी केंद्रीय विद्यालय संगठन डाक विभाग पश्चिम मध्य रेलवे सीआरसी इग्नू आकाशवाणी के अधिकारी शामिल हुए टाइगर बाँधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया से बाघ के दो शावक आज भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के लिये रवाना हुए दोनों बाघ शावक दो साल तीन माह की उम्र के हैं और एक ही माँ की संतान है माँ की मृत्यू हो जाने के कारण दोनों शावकों रेस्क्यू कर बाँधवगढ़ टाईगर रिजर्व में रख परवरिश की गई थी

कई जिलों में बारिश ओलावृष्टि और ठंडी हवाओं की वजह से मौसम में ठंडक घूल गई है वहीं कुछ स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है शहडोल जिले में प्रशासन ने ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू करवा दिया है उधर शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कलेक्टर को नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिये हैं सांसद केपी यादव ने कोलारस क्षेत्र के प्रभावित गांवों का दौरा कर फसलों का जायजा लिया वहीं उमरिया जिले में प्रभावित फसल का जायजा लेने प्रशासनिक अधिकारी खेतों तक पहुंचें संक्षिप्त समाचार सीमा सुरक्षा बल अमृतसर में पदस्थ खंडवा के जवान मनोज गोलकर शहीद हो गए

शिवपूरी जिला कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों के केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष को निर्देश दिया कि परीक्षा में नियमों का सख्ती से पालन किया जाये

दरअसल लोग पटोरी के पास संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत का विरोध जताने सड़क पर उतरे थे